मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गरीब और अनाथ बच्चों को दी एक दिन की पूरी खुशी

पर्यटन मंत्री सागर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मन्त्री प्रहलाद पटेल ने आज सागर में डॉ हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यायालय के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग के नवीन संग्रहालय भवन का भूमिपूजन और नवनिर्मित अथिति गृह भवन का लोकार्पण किया इस अवसर पर आधुनिक भारत के निर्माण में लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल का योगदान चिषय पर आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने देशहित और अखंडता के लिए किए गए निर्णयों के कारण लौह पुरुष के रूप में याद किये जाते हैं वर्तमान में राजनीतिक परिदृ श्य में बढ़ता अधोपतन और अविश्वास से जो संकट पैदा हो रहा है उससे उबरने में सरदार पटेल की कार्यशैली ही प्रासंगिक है इस मौके पर सांसद राजबहादुर सिंह कुलपति प्रोफेसर आर पी तिवारी और विधायक शैलेन्द्र जैन मौजूद थे जावड़ेकर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने आर्थिक मंदी का सामना करने के लिए कई फैसले किये हैं और कई कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक उथल पुथल का भी प्रभाव पड़ रहा है श्री जावड़ेकर ने एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के छह महीने पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रत्येक दिशा में आगे बढ़ रहा है और एक आकर्षक स्थल बन गया है उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी का सामना करने के लिए बैंकिंग सुधार बुनियादी ढांचे के विकास बाजार में तरलता कंपनी कर घटाने तथा निवेश बढ़ाने के लिए प्रमुख निर्णय सरकार ने किये हैं कमलनाथ खुशी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचे गरीब और अनाथ बच्चों से मुलाकात की और नन्हीं ख्रशियां कार्यक्रम के तहत बच्चों के एक दिन की पूरी ख्शी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि खूब पढ़ो अपनी सभ्यता और संस्कार से जुड़े रहो और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जानो उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं आने वाले दिनों में समाज के नवनिर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी एक दिन की खुशी कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को मुख्यमंत्री निवास वन विहार और राजभवन सहित भोपाल के रमणीय और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जा रहा है

प्रस्ताव के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा

बाद में मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि न केवल अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति बल्कि यह सत्र गैरकानुनी और असंवैधानिक है श्री फडणवीस ने कहा कि वे सदन की कार्यवाही स्थगित करने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखेंगे

इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक दिसम्बर से फास्टैग द्वारा ही राजमार्गो पर टोल भुगतान करने की घोषणा की थी मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ज्यादातर नागरिक अब भी कई कारणों से अपने वाहनों को फास्टैग से नहीं जोड़ पाये हैं इसलिए कुछ और समय दिया गया है

फर्जी खबर जांच इकाई पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने फर्जी खबरों की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालय से संबंधित समाचारों की पुष्टि के लिए विशेष जांच इकाई गठित की है सुचना और प्रसारण मंत्रालय ने लोगों से सोशल मीडिया सहित किसी भी प्लेटफार्म से मिली संदिग्ध सामग्री का स्नैपशॉट लेकर ई मेल करने और इसकी समुचित पुष्टि करने को कहा है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

चंदेरी की कला और हस्तशिल्प को विश्व धरोहर की किएटिव सिटी की सुची में आने के लिये नामांकित किया गया है

जिसमें कल विभिन्न कलाकारों द्वारा ध्रूपद गायन कविता पाठ की प्रस्तुतियां दी जायेंगी